लॉकडाउन राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए वर्तमान में कलेक्टरों को जिले की स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लागू करने का अधिकार दिया गया है वर्तमान में जिला कलेक्टरों द्वारा छह अगस्त तक ही प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तीस जुलाई को पत्र जारी कर सभी कलेक्टरों को केन्द्र सरकार के अनलॉक तीन के दिशा निर्देश भेजे गए हैं शासन ने प्रदेश में इकतीस अगस्त तक लॉकडाउन संबंधी सोशल मीडिया में प्रसारित खबर को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है इस बीच कोंडागांव जिले में लॉकडाउन के दौरान तीन अगस्त तक कपड़ा और फैंसी स्टोर्स खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है इन दुकानों को दोपहर दो बजे तक खोला जा सकेगा कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है राजनांदगांव जिले में सात कोरोना पॉजीटिव नये मरीज मिले हैं इनमें चौहड़िया पारा से चार खैरागढ़ डोंगरगढ़ और आईटीबीपी कैम्प से एक एक शामिल हैं जिले में कल रात भी चोबीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी इनमें सोमनी स्थित आईटीबीपी कैम्प के उन्नीस जवान शामिल हैं वहीं जांजगीर चांपा जिले में आज आठ कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है इनमें हसौद में छह और बलौदा के बिरगहनी गांव से एक मरीज शामिल है इसी तरह महासमुंद जिले के पिथौरा और सरायपाली में आज तीन कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं जिले में कल रात नौ कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी इधर दुर्ग जिले में कल रात तक कोरोना संक्रमित तेईस मरीजों की पहचान हुई थी इनमें बीएसएफ के दो जवान और दुर्ग अस्पताल का एक स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है वहीं बालोद जिले में तीन नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उधर कोंडागांव जिले में आज एक और कोरोना पॉजीटिव मरीज मिला है कल रात जिले में तेईस मरीज पाए गए थे इस बीच रायगढ़ शहर में रैंडम सैंपल टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के सभी सैलून दुकान संचालकों के सैंपल लिए जाएंगे केन्द्र स्वास्थ्य सेवाएं केन्द्र सरकार ने लोगों को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के कई कदम उठाए हैं और पिछले छह वर्षो में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा किया है देश में कोरोना महामारी का प्रकोप कम करने में इससे मदद मिली है एक नये भारत का निर्माण जहां प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षो में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो आधुनिक स्वास्थय देखभाल प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए पंद्रह करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की है देश में नए एम्स की स्थापना पर तीस हजार करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी लोगों के जीवन में एक नई जीवन रेखा साबित हुई है इस योजना के तहत गरीब लोगों को अब तक एक करोड़ से अधिक उपचार अस्पतालों में प्रदान किए जा चुके हैं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल पर सरकार का विशेष ध्यान है महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ पोषण उपचार प्रदान करने के लिए ये पोषण अभियान प्रधानमंत्री वंदना योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी कई योजनाओं की शुरूआत की गई है जिसके परिणामस्वरूप मातू और बाल मृत्यु दर में कमी आई है रक्षाबंधन जेल रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनकी बहनों से वीडियो कॉलिंग और फोन पर बात करने की छूट दी जाएगी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जेलों में कैदियों से मुलाकात पर रोक के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रक्षाबंधन के मौके पर जेलों में बंद कैदियों को उनकी बहनों से वीडियो कॉलिंग और फोन के माध्यम से बात कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एडीजी जेल को निर्देशित किया है श्री साह ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि जेल प्रबंधन के पास पोस्टल डाक द्वारा भेजी गई राखियां प्राप्त होती हैं तो उसे जेल के अंदर संबंधित कैदी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते काम पर नहीं जा पाने वाली कई गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों की समुचित देखभाल के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से सहारा मिला है महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक विभिन्न चरणों में जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए पांच हजार रूपये दिए जाते हैं माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में इस योजना के तहत अब तक नौ हजार दो सौ पैंतीस गर्भवती महिलाओं को एक करोड़ छियासठ लाख रूपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है लाभान्वित हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें इस योजना के तहत पांच हजार रूपये की राशि मिली है और यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है हज हाउस भूमिपूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ हज हाउस का शिलान्यास किया हज हाउस का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास लगभग छब्बीस करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा इसके लिए तीन एकड़ भूमि चिन्हित की गई है पांच मंजिला इस भवन में हज यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हाजियों की परेशानी कम करने के लिए हज हाउस के निर्माण की लंबे अरसे से की जा रही मांग पूरी हुई है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष हज यात्रा भी प्रभावित हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों को मौका दिए जाने की मांग करेंगे केंद्रीय मंत्री बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ आयोजित बैठक में एलीफेंट कॉरिडोर और सघन वन क्षेत्रों में स्थित कोयला खदानों को कोल ब्लॉक्स की आगामी नीलामी से अलग रखने का प्रस्ताव दिया है साथ ही उन्होंने इन खदानों के स्थान पर राज्य में स्थित अन्य कोयला क्षेत्रों को चिन्हित करने का सुझाव भी दिया है बैठक में मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उद्योगपतियों द्वारा अतिरिक्त लेवी के रूप में केन्द्र सरकार के पास जमा चार हजार एक सौ चालीस करोड़ रूपये को भी राज्य को देने की मांग की इस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त करते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उक्त राशि के निराकरण के लिए आवेदन लगाया गया है इसके आधार पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉस प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार जुर्माने की राशि दस हजार एक सौ उनतीस करोड़ रूपये भी राज्य को देने की मांग रखी बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय लघ् उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को एजेंसी नियुक्त करने का आग्रह किया ऑपरेशन ग्रीन स्कीम कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाने की घोषणा की है इस योजना में आलू प्याज और टमाटर के साथ अब विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी शामिल किया गया है इसके तहत अधिक उत्पादन वाले स्थानों से कम उत्पादन वाले स्थानों पर परिवहन और भंडारण के लिए पचास प्रतिशत का अनुदान मिलेगा इस योजना के अंतर्गत फलों में आम केला अमरूद किवी लीची पपीता संतरा अनानास अनार और कटहल तथा सब्जियों में राजमा करेला बैगन शिमला मिर्च गाजर फूलगोभी और भिंडी को शामिल किया गया है यह योजना आगामी ग्यारह दिसंबर तक प्रभावी रहेगी

कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हो रही है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा की इसके चलते मस्जिदों में इस बार भीड़ नजर नहीं आई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी हैं

वहीं मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार पन्द्रह बाई पन्द्रह फीट से अधिक नहीं होगा साथ ही पंडाल के सामने कम से कम पांच हजार वर्गफीट की खुली जगह होना जरूरी है इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं राजनांदगांव के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के मद्देनजर गणेशोत्सव के संबंध में जारी दिशा निर्देश में कहा है कि किसी भी एक समय में पंडाल और उसके सामने बीस से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हो उन्होंने कहा है कि मूर्ति स्थापित करने वाली समिति भगवान गणेश के दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता और मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करेगी ताकि उनमें से किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उनका पता लगाया जा सके इसके अलावा पंडाल और उसके आसपास चार सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाना जरूरी है

पुलिस ने अपने सभी सोशल साइट्स पर लोगों से इस रक्षा संकल्प में जुड़ने की अपील की है पुलिस लोगों द्वारा घर पर तैयार की गई राखियां कोरोना वॉरियर्स को उपहार स्वरूप भेंट करेगी लोग तीन अगस्त की रात्रि तक रक्षा संकल्प सेल्फी मोबाइल नंबर नौ चार सात नौ दो छह चार एक शून्य शून्य पर वाट्सअप कर सकते हैं साथ ही नजदीकी थाने के माध्यम से भी राखियों को भेजा जा सकता है वहीं राजनांदगांव में महिला पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर घूमने वाले लोगों को राखी बांधकर लॉकडाउन तक घर में ही रहने और मास्क पहनकर बाहर निकलने का वचन मांगा बिहान राखी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाएं रंग बिरंगी राखियां बनाकर अपनी आर्थिक रिथति मजबूत कर रही हैं बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड के ग्राम कोनारी स्थित जय मां अम्बे महिला स्व सहायता समूह द्वारा अब तक सात हजार राखियों का निर्माण किया गया है इनमें से पांच हजार राखियां बिक चुकी हैं इससे समूह की महिलाओं को पचहत्तर हजार रूपये की आमदनी हुई है सुपोषण अभियान दुर्ग प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है अब इस अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत की जा रही है दुर्ग जिले में आज जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों ने घरों में बच्चों को सुपोषण टोकरी प्रदान कर इसकी शुरूआत की इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने अछोटी गांव में बच्चों को सुपोषण टोकरी प्रदान की गौरतलब है कि सुपोषण अभियान के पहले चरण में दुर्ग जिले में ही चार हजार आठ सौ बच्चे कुपोषण से दायरे से बाहर आ चुके हैं मलेरिया मरीज मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही जांच के दौरान कोंडागांव जिले में एक ही गांव के छियासठ लोग मलेरिया पॉजीटिव मिले हैं केशकाल के बीएमओ डॉक्टर डीके बिसेन ने बताया कि केशकाल विकासखंड में लगातार शिविर लगाकर ग्रामीणों की मलेरिया जांच की जा रही है दूसरे चरण की जांच के दौरान ग्राम कोटोड़ी में छियासठ लोगों की रिपोर्ट मलेरिया पॉजीटिव आई केशकाल विकासखंड में एक लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमें से तीन सौ छियालीस लोगों में मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों से मलेरिया से बचाव के लिए गांव में साफ सफाई रखने और अन्य आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा गया है मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून द्रोणिका गंगानगर से मेघालय होते हुए मिजोरम तक स्थित है एक पूर्व पश्चिम शियर जोन पंद्रह डिग्री उत्तर में तीन दशमलव एक किलोमीटर से लगभग पांच किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है इसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है इस बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई जगदलपुर सहित बस्तर जिले में अनेक स्थानों पर तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं